उन्होंने कहा कि दो लाख से अधिक सुझाओं पर विचार करने के बाद व्यापक भागीदारी से यह नीति तैयार की गई है

नई शिक्षा नीति पढ़ने के बजाए सीखने पर जोर देती है उन्होंने तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी दुरूस्त करने की आवश्यकता जताई राष्ट्रपति ने कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को नवाचार का केन्द्र बनाया जाना चाहिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बे रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि केन्द्र सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ राज्य अपने यहां के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें श्री भल्ला ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध न हो प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है

प्रदेश की एक हज़ार तीन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं नामांकन पत्र शाम पांच बजे तक भरे जा सकेंगे राज्य चुनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रविवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन शाम को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे

और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोए या सेनेटाइजर से साफ करें